र स्वास्थ्य कर्मियों एंव अग्रिम पंक्ति के योद्धाओं को कोविड का टीका लगाया गया

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज़ादी का अमरूत महोत्सव के सिललिसे में कल विभिन्न समारोहों का उद्घाटन करेंगे

प्रधानमंत्री कल अहमदाबाद में साबरमती आश्रम से पदयात्रा को रवाना करेंगे और आज़ादी के अमरूत महोत्सव की श्रूआाती गतिविधियों का श्भारंभ करेंगे इस पदयात्रा में डांडी के रास्ते पर विभिन्न समूहों के लोग शमूलियत करेंगे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि आत्मनिर्भर भारत अभियान समूची मानवता के लिए धन दौलत के साथ साथ नैतिक मुल्यों का सुधन करेगा और विश्व के लिए यह एक बेहतर पहल है

उन्होंने कहा कि हमारे वैज्ञानिकों ने तेज़ी से काम करके देश में ही वैक्सीन तैयार की है

श्रीमद भगवत गीता के महत्व पर प्रकाश डालने हये श्री मोदी ने कहा कि यह जान का बहुत बड़ा स्त्रोत है पि समें अमूल्य विचारों का खज़ाना शामिल है उन्होंने कहा कि गीता हमें सोचने और सवाल करने के लिए प्रेरित करती है तथा हमारे दिमाग के कपाट खोलती है उन्होंने कहा कि ई प्स्तकें युवाओं में बह्त लोकप्रिय हो रही है इसलिए यह प्रयास अन्य युवाओं को गीता के पवित्र विचारों से ोड़ेगा

इस योध ना की सराहना करते हये श्री प्रसाद ने कहा कि भारत को मोबाइल और इसके प्र्रो के निर्माण का बड़ा केन्द्र बनाने के लिए सरकार का प्रयास विश्व का ध्यान आकर्षित कर रहा है

र स्वास्थ्य कर्मियों और अंग्रिम पंक्ति के कोरोना योदधाओं को कोविड की वैक्सीन दी गई

पंचकला के सकेतड़ी स्थित महादेव मंदिर में माथ टेकने के लिए भक्तों की लंबी कतारे लगी है वहीं अम्बाला छावनी के प्राचीन हाथी खाना मंदिर अम्बाला के प्राचीन शिव मंदिर सहित पिले के विभिन्न मंदिरों का रंग बिरंगी रोशनियों व फूलों से से ाया गया है

वहीं फरीदाबाद की सैनिक कालोनी स्थित शिव मंदिर में भी लोगों ने सामापिक दूरी का पालन करते ह्ये भगवान शिव की अराधना की आ भिवानी किरोडिमल मंदिर में सेठ किरोड़ीमल चैरीटेबल ट्रस्ट के तत्वाधान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में रूद्र अभिषेक किया गया

शांति व्यवस्था बनाये रखने के लिए प्लिस बल भी तैनात किये गये है वहीं गौरी शंकर कृष्ठ आश्रम में हवन यज्ञ का आयो न किया गया ि समें यमुनानगर के विधायक घनश्याम दास अरोड़ा भी उपस्थित रहे शिवरात्रि के अवसर पर सिरसा के श्री बाबा तारा क्टिया में आ फिल्मी अभिनेत्री य प्रदा द्वारा शिव विवाह नाटिका का मंचन किया गया इस माह के अंत में हरिद्वार में श्रू हो रहे क्म्भ मेले में भाग लेने वाले आगंत्कों व श्रद्धालुओं के लिए यात्रा प्रारंभ करने से पहले उत्तराखंड सरकार के पोर्टल पर पं रिकरण करना अनिवार्य होगा तथा अपने मोबाइल फोन पर हर समय आरोग्य सेत् एप का उपयोग करना होगा

यह हादसा ते रफ्तार कंटेनर और मोटरसाइकिल की टक्कर की व ह से हआ हादसे के बाद चालक कंटेनर को मौके पर ही छोड़कर फरार हो गया